केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत आंतरिक शांति भंग करने वालों और अपनी धरती पर घ्रसपैठ की कोशिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देगा आज कोलकाता में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत विश्व में शांति चाहता है और किसी पर हमला करने का उसका कोई इरादा नहीं है उन्होंने कहा कि अगर कोई इस शांतिपूर्ण माहौल को खराब करना चाहता है तो भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है

केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि देश ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है और सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमलों के बाद विश्व में आतंरिक सुरक्षा के मामले में भारत का नाम अमरीका और इस्राइल के बाद लिया जाने लगा है

श्री शाह ने आतंकवाद का मुकाबला करने और देश की सुरक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की भूमिका की सराहना की उन्होंने कहा कि सरकार अन्य कल्याणकारी उपायों के अलावा जवानों को एक सौ दिन का अवकाश देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि जवान अपने परिवारों के साथ समय बिता सकें सरकार ने शिक्षा के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि मंत्रालय देशभर के स्कूलों और कॉलेजों में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाएगा उन्होंने कहा कि आठ मार्च को मनाये जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभियान की शुरुआत आज से हो गई है उन्होंने कहा कि यह अभियान वर्षभर चलेगा

योजना में योग्य अविवाहित लड़कियों के कक्षा नौ में भर्ती होने पर तीन हजार रुपये उनके नाम पर जमा किया जाता है इसके अलावा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई मेधावी छात्राओं के लिए मैरिट छात्रवृति योजना लागू कर रही है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ए आई सी टी तकनीकी शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी के लिए प्रगति छात्रवृति प्रदान कर रही है सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में एनडीए एकजुट है पटना के गांधी मैदान में आयोजित जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी भाजपा और लोजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में एनडीए दो सौ से अधिक सीटें जीतेगा जदयू अध्यक्ष ने राजद नेता तेजस्वी यादव की बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि कम उम्र में राजनीति में आये कुछ लोग केवल मीडिया में बने रहने के लिये बयानबाजी करते रहते हैं उन्होंने कहा कि राज्य में दो हजार पांच के पहले रोजगार की क्या स्थिति थी इस बात की जानकारी सभी को है जदयू अध्यक्ष ने कहा कि उनकी सरकार सात निश्चय योजना के तहत शिक्षा स्वास्थ्य और सड़कों समेत विभिन्न आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिये तेजी से काम कर रही है सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ सभी सांसद और विधायक उपस्थित थे केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर ने कहा है कि देश में करदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है जिससे कर संग्रह में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है उन्होंने कहा कि विवाद से विश्वास योजना के तहत इकतीस मार्च दो हजार बीस तक आयकर चुकाने वाले करदाताओं के लिऐ ब्याज और जुर्माने से छूट की व्यवस्था की गई है संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिये मिशन इंद्रधनूष का चौथा चक्र कल से शुरू होगा बक्सर और बांका को छोड़कर राज्य के छत्तीस जिलों के चिन्हित दो सौ छब्बीस प्रखंडों में सोलह मार्च तक नवजात शिशुओं और महिलाओं को विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिये टीके लगाये जायेंगे राज्यपाल फागू चौहान ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों पर आयोजित कार्यक्रमों से छात्र छात्राओं की क्षमता और विकास में बढ़ोतरी होती है राज्यपाल आज गया में मगध विश्वविद्यालय के उनसठवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेन्द्र प्रसाद शिक्षकगण और कॉलेज के छात्र उपस्थित थे राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इंटर की कॉपी नहीं जांचने वाले हड़ताली शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है सरकार के आदेश के बाद इंटर कॉपियों के मूल्यांकन के लिए निय्रक्ति के बावजूद योगदान नहीं करने वाले प्रदेश के विभिन्न जिलों के दो सौ से अधिक शिक्षकों को निलंबित कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है इधर चिराग पासवान ने मूंगेर में कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आंदोलन कर रहे शिक्षकों के निलंबन और उन पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई रोकने का अनुरोध करेंगे कृषि मंत्री प्रेम कूमार ने कहा है कि राज्य के किसानों के लिए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत खेतों में जल संचयन और कृषि प्रबंधन योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है उन्होंने बताया कि अब तक लगभग पांच सौ किसानों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑन लाईन आवेदन किया है केंद्रीय पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में पिछले पांच वर्षों में भारत में मछली उत्पादन में चालीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है बेगूसराय के दो दिनों के दौरे पर पहंचे श्री सिंह ने कहा कि बीते उन्होंने कहा कि दो हजार तेरह चौदह में जहां देश में पंचानवे दश्मलव सात नौ लाख टन मछली का उत्पादन होता था वहीं दो हजार अठारह उन्नीस में यह आंकड़ा बढ़कर एक सौ चौंतीस दश्मलव दो लाख टन हो गया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में भारी गिरावट के बीच तेल विपणन कंपनियों ने रसोई गैस सिलिंडर की कीमतों में आज कटौती की है नई दरें लागू होने के बाद पटना में चौदह दशमलव दो किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत घट कर नौ सौ नौ रूपये और उन्नीस किलोग्राम वाले व्यवसायिक गैस सिलेंडर की कीमत पन्द्रह सौ अस्सी रूपये हो गयी है लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा के माध्यम से राज्य को विकसित बनाने के लिये लोगों से सुझाव लिये जा रहे हैं यात्रा के क्रम में आज जमुई पहुंचे श्री पासवान ने कहा कि वे सुरक्षा शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतरी के लिए लोगों के सुझावों से राज्य सरकार को अवगत कराएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिवस आज सादगी से मनाया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री को ट्वीट संदेश के जरिये जन्मदिवस की बधाई देते हुए कहा कि वे जमीन से जुड़े लोकप्रिय नेता हैं और बिहार के विकास के साथ सामाजिक सशक्तीकरण के लिये काम कर रहे हैं इधर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए राज्य के लंबित विकास कार्यों को जल्द पूरा करने की अपील की जदयू कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास पर केक काटकर मुख्यमंत्री को जन्मदिवस की बधाई दी अररिया जिले के जोकीहाट में केसरा के पास सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया इधर बेगूसराय जिले के मंझौल स्थित सत्यारा चौक के पास एनएच पचपन पर ट्रैक्टर और मोटरसाईकिल की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया नवादा के सिरदला थाना के एसआई धर्मेन्द्र कुमार राय का आज उनके आवास पर निधन हो गया उनकी तबियत लम्बे समय से खराब थी मुजफ्फरपुर के बोचहां थाना क्षेत्र से एसटीएफ की टीम ने कुख्यात नक्सली मुकेश सहनी को गिरफ्तार किया है वरीय पुलिस अधीक्षक जयंतकांत ने बताया कि गिरफतार नक्सली की दर्जन भर घटनाओं में तलाश थी समेकित बाल विकास योजना के तहत औरंगाबाद जिले में पचपन मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया जायेगा सुपौल जिले में भारत नेपाल सीमा के समीप एसएसबी के जवानों ने एक वाहन से चौदह सौ बोतल नेपाली शराब बरामद की है